भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उमरी है लेकिन बहमत हासिल नहीं कर पायी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश को हैल्दी स्टेट बनाने के लिए शिक्षा औरं स्वास्थ्य विभाग से मिलजुल कर एक संघन जागरूकता अभियान चलाने के लिए कार्य योजना बनाने को कहा है उन्होंने कहा कि इसमें स्वस्थ लीवर हिपेटाइटिस बी और सी से बचाव सहित स्वास्थ्य के अन्य मानकों को शामिल करते हुए एक ऐसा कार्यक्रम तैयार किया जाये जिसके माध्यम से प्रदेश को रोग मुक्त बनाया जा सके इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक सब ग्रेप गठित किया जाए श्री गहलोत कल मुख्यमंत्री कार्यालय में जाने माने गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट और इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एण्ड बाइलरी साईसेज के निदेशक डॉ एसके सरीन द्वारा लीवर और स्वास्थ्य के अन्य मानकों को लेकर दिए गए प्रस्तुतीकरण के दौरान दिशा निर्देश दे रहे थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे

पांच दिवसीय प्रकाश पर्व दीपोत्सव आज धनतेरस के साथ शुरू हो गया है इस अवसर पर घरों और बाजारों को सुरूचिपूर्ण ढंग से सजाया गया है बाजारों में कपड़ों बर्तनों और पटाखों की दुकानों पर खरीददारों की भीड़ विशेष रूप से देखने को मिल रही है राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों को आज मनायी जाने वाली धनवंतरि जयंती की श्भकामनाएं दी हैं धनवंतरि जयंती पर जयपुर में आज राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा चौथा आयुर्वेद दिवस समारोह आयोजित किया जा रहा है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला समारोह के मुख्य अतिथि होंगे जबकि आयुष राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक कार्यक्षता करेंगे